आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प से सिद्धि का मंत्र दोहराया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

उन्होंने कहा कि देश में वॉर मेमोरियल पुलिस मेमोरियल समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो बरसों से अटकी हई थीं लेकिन एनडीए सरकार ने इन सभी अटकी योजनाओं को पूरा किया उन्होंने कहा कि इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा गया है प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नये दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्वि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढना चाहता है

डॉ हर्षवर्धन ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत की रणनीति की चर्चा करते हुए डॉक्टरों और नर्सों के अलावा पेशेवरों सहित अग्रिम पंक्ति के लाखों स्वास्थ्यकर्मियों की सराहना की उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों ने जोखिमपूर्ण और प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी और अगले कुछ महीनों में संक्रमित लोगों की संख्या कम हो जाएगी उन्होंने कहा कि भारत ने एंटीबायोटिक्स से लेकर आपात चिकित्सा सुविधा शल्य चिकित्सा टीकाकरण और वैक्सीन तक आधुनिक चिकित्सा के सभी घटकों में पहले ही विशेषज्ञता हासिल कर ली है उन्होंने सभी को बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुविधा पर शोध के लिए बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को शुभकामनाएं भी दीं सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली और देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर आज सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र और असम में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिंता जताई है और सभी राज्यों की सरकारों से कोविड को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है

यह हड़ताल कोयला बिजली इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक बीमा जैसे प्रतिष्ठानों में भी रहेगी भारतीय मजदुर संघ इस हडताल में शामिल नहीं हैं

स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे

इधर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने हड़ताल में शामिल न होने के लिए एक अपील जारी की है उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया को आवंटित किसी भी कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं की जा रही है

चेयरमैन ने कहा कि हड़ताल की मांगों में नीतिगत निर्णय शामिल हैं उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हैं बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं के संरक्षण के लिए सीमा शल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शल्क लगाने जा रहा है उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत के स्थानीय विनिर्माताओं को तबाह करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण देश में भेज रहे हैं आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा के जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की भारी मांग है और विकास की क्षमता भी है उन्होंने कहा कि देश में प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोग बहत ही कम है स्थानीय विनिर्माताओं को उत्पादन आधारित सुविधा योजना को प्रोत्साहन देने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण में तेजी आएगी जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहु पक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में पाँच तकनीकों की सिफारिश की है जिन तकनीकों की सिफारिश की गई है उनमें से एक है ग्राउंडफॉस एक्यूप्योर यह सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है

यह एक इलेक्ट्रिक वाहन जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होता है ताकि इससे घरों तक सुरक्षित पानी पहचाया जा सके एक अन्य तकनीक प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर है यह एक ऐसा ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जो बैक्टीरिया के प्रदृषण को हटाने के लिए पानी से कीटाण्शोधन का काम करता है

इसके लिए मंत्रालय नवीन तकनीकी संसाधनों को महत्व देता है

राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानबे दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अबतक एक लाख चार हजार दो सौ उनतीस मरीज ठीक हो गए हैं

जबकि कोरोना से दो सौ बहत्तर मरीज ठीक हए हैं जबकि पांच मरीजों की मौत हुई है कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सात हजार चार सौ उनहत्तर हो गई है वहीं दो ्हजार दो सौ नवासी सक्रिय केस हैं इसके अलावा अबतक उनचालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई है कल दस हजार चार सौ बानबे सैंपलों की जांच हुई अब तक नौ सौ एकावन मरीजों की मौत भी हो चुकी है पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा दीपावली और छठ के समापन के बाद संक्रमण की लहर को देखते हुए जिले के दूसरे राज्यों से वापस लौटने वालों की जांच आज से शुरू कर दी है यह जांच टाटानगर स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की होगी

इसके अलावा जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने रहे हैं उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है

इसका उद्देश्य संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि करना और एक दूसरे से उत्कृष्ट पद्वतियों का आदान प्रदान करना है

देश में बने युद्धपोत कमरोता और कार्मक भी इसमें शामिल होंगे सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास श्रंखला भारत और सिंगापुर के बीच उच्चस्तरीय समन्वय और वैचारिक तालमेल का उदाहरण है इसका उद्देश्य क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति वचनबद्वता को उजागर करना है देश की जानीमानी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नीलांबर की ओर से सामाजिक योगदान के लिए दिया जाने वाला निनाद सम्मान झारखण्ड आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए गायक गीतकार मधु मंसूरी हंसमुख को देने की घोषणा हुई है नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी हंसमुख के गीतों ने झारखंड के आदिवासी आंदोलन को नई राह दिखाई गांव छोड़ब नाही जंगल छोड़ब नहीं जैसे चर्चित गीत लिखने वाले मधु मंसूरी ने इस गीत को अपनी आवाज भी दी

वहीं नाट्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला रवि दवे स्मृति सम्मान देश के चर्चित नाटककार और फिल्म निर्देशक डॉ गौतम चटर्जी को दिया जाएगा इस वर्ष नीलांबर द्वारा राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम चौदह से बीस दिसंबर के बीच ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है धनबाद जिले में पुलिस ने अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है इसकी जानकारी झरिया थाना में प्रेसवार्ता के दौरान सिटी एसपी आर रामकुमार ने पत्रकारों को दी उन्होंने कहा कि झरिया जोड़ापोखर और पुटकी थाना की पुलिस को गुप्त सूचना के तहत जोड़ापोखर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान बड़ी सफलता मिली है छापेमारी के बाद पुलिस को देख सभी अपराधी भागने लगे

पूछताछ के दौरान अपराधियों ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए है पुलिस ने नौ आरोपितों पर मामला दर्ज किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी के कई वाहन भी बरामद हुए हैं